स्रक्षा के सभी उपायों का पालन करें और पैतालीस वर्ष से अधिक आयु के सभी लोग निसंकोच टीका लगवाएं सुरक्षित रहें और तीन आसान उपायों का पालन करें

बोर्ड के सचिव संतोष क्मार ने पत्रकारो से बातचीत में कहा कि हाल में आयोजित की गई एल डी सी सहित विभिन्न पदों की परीक्षा स्चारु तरीके से संपन्न हई है और आगामी दिनों में राज्य के विभिन्न जिलों में खाली पड़े पदो की भर्ती प्रक्रिया शुरु की जाएगी उन्होंने स्वीकार किया कि जिलों में खाली पड़े क्लेरिकल पदों के कारण कामकाज प्रभावित हो रहा है बोर्ड के सचिव ने कहा कि ए पी एस एस बी सालभर की भर्ती परीक्षाओं के लिए कैलेंडर जारी करेगा जिससे उम्मीदवारों को परीक्षाओं की तैयारी में स्विधा मिलेगी गौरतलब है कि हाल ही में संपन्न हए विधानसभा के बजट सत्र में भी जिलों में खाली पड़े विभिन्न पदों का म्द्दा प्रम्खता से उठा था

विधानसभा अध्यक्ष ने जवानों को होली की शुभकामनाएँ दी और उन्हें मिठाई खिलाई श्री सोना ने देश की सीमा की रक्षा के लिए तैनात जवानों की प्रशंसा करते हए कहा कि ऐसे समय में जब उनके परिवार के लोग होली मना रहे हैं हमारे जवान अपने कर्तव्यों के पालन में लगे हए हैं

यह हर जगह स्लभ रहने के साथ ऑनलाइन और परीक्षा वारियर्स मॉड्य्ल नमो ऐप पर भी उपलब्ध है श्री मोदी ने ट्वीट में कहा कि प्स्तक के नए संस्करण को छात्रों अभिभावकों और शिक्षकों से मिली मूल्यवान जानकारी के साथ समृद्ध किया गया है उन्होंने कहा कि यह प्स्तक परीक्षा से पहले तनाव म्क्त रहने के लिए प्रेरित करेगी और इससे छात्रों तथा अभिभावकों के बीच संवाद बढ़ेगा

उन्होंने विद्यालय तक पहुंचने के लिए सड़क के निर्माण का आश्वासन दिया श्री तामे फासांग ने डिप्यूटी मेयर बिरी बासांग और नगर निगम के अधिकारियों के साथ वार्ड संख्या तेरह में चल रही विकास परियाजनाओ का जायजा लिया उन्होंने स्थानीय लोगो से बातचीत कर वार्ड की समस्याओ की जानकारी ली श्री तामे फासांग ने कहा कि राजधानी ईटानगर के सभी नागरिकों के साथ मिलकर सभी वार्डो में स्वच्छता बनाए रखने सडक संपर्क विद्यालय और अस्पतालों में मूलभूत सुविधाओ का विकास उनकी प्राथमिकता है उन्होंने कहा कि यातायात व्यवस्था और वाहनो के लिए पार्किंग स्विधा के विकास पर भी जोर दिया जा रहा है

राज्य में कोरोना के चार सक्रिय मामले है वही राज्य में कोविड रिकवरी दर निन्यानवे दशमलव छह चार प्रतिशत है और कल कोविड जाच के लिए राज्य भर से एक सौ बाईस सैंपल एकत्र किए गए

उन्होंने लोगों से टीके के किसी भी द्ष्प्रचार पर विश्वास न करने को भी कहा

द्रसरे चरण में एक अप्रैल को इन जिलो की उनतालीस विधानसभा सीटो पर मतदान होगा